जिले में दस लोगों की मृत्यु को गयी

राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है माकूली गांव से चार घायलों को रेस्क्यू कर चॉपर के माध्यम से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया कल मौसम खराब होने की वजह से प्रशासन को बचाव कार्य में परेशानी हो रही थी हालांकि आज सुबह मौसम साफ पर होने आपदा सचिव अमित नेगी आईजी एसके गुंज्याल ने प्रभावित गांवों का हवाई निरीक्षण किया इसके बाद आपदा सचिव और आईजी ने आराकोट में जनपद स्तरीय अधिकारियों की महत्पूर्ण बैठक लेते हुए राहत बचाव कार्य के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए

प्रभावित ग्रामीणों को खाद्य सामाग्री मेडिकल किट और अन्य जरूरी सामान भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही भिजवाया गया है इस बीच एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर भी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से खाद्य सामग्री लेकर मोरी पहुंचा

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को घायलों का रेस्क्यू और क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को प्राथमिकता के साथ सुचारू करने के निर्देश दिये हैं क्षतिग्रस्त मकानों और भूमि के आंकलन के लिए अधिकारियों की टीमें बनाई गई है प्रभावित गांवों में क्षतिग्रस्त पुल की जगह वैली ब्रिज बनाने और बिजली संचार सेवा आदि दुरुस्त करने के भी निर्देश दिये गए हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी उत्तरकाशी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया

त्यूनी आराकोट राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ स्थानों पर मलबा आने से अवरुद्ध है स्लग मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को भारी बारिश के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिये हैं उन्होंने आपदा प्रभावितों को अनुमन्य सहायता राशि भी जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को प्रभावित परिवारों को युद्धस्तर पर राहत और सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये हैं

नैनीताल जिले में एक वाहन के धनगढ़ी नाले में बहने से दो लोगों की मृत्यु की खबर है जबकि एक लापता है

बागेश्वर जिले में अतिवृष्टि से निजी और सरकारी भवनों के साथ ही सड़कों को भारी क्षति पहुंची है जिलाधिकारी ने बताया कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं

एक महिला की भी मकान में दबकर मृत्यु हो गयी प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने की व्यवस्था कर दी है

भिलंगना विकासखंड के सेमल्थ गांव में दो मकान भूधंसाव की चपेट में आ गए हैं प्रभावित परिवारों को अन्य जगह पहुंचाया गया है

बारिश के कारण प्रदेश में कई सड़कें भी बाधित हैं रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांसवाड़ा भटवाड़ीसेंण और लीसा फैक्टरी में मलबा आने से यातायात बंद हो गया है देहरादून जिले में चकराता त्यूनी राष्ट्रीय राजमार्ग रोटाखड्ड में लगातार मलबा आने से अवरुद्व है चमोली जिले में ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ और कंचनगंगा के पास मलबा आने से बाधित है उधर चंपावत जिले में टनकपुर चंपावत एनएच धौन में अवरुद्ध है कई संपर्क मार्ग भी बंद हैं सभी सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है प्रदेश में अधिकांश नदियां भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं

गढ़वाल सांसद ने लोकसभा के सत्र को ऐतिहासिक करार दिया

गढ़वाल सांसद ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें संसद में पहाड़ के जमीनी मुददों को रखने का मौका मिला

इसकी जगह स्कूल सड़क पानी और अस्पताल दिए जाने चाहिए ताकि जनता को सीधा लाभ पहुंच सके गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखण्ड में आई आपदा पर चिन्ता जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्र खत्म होते ही सभी सांसदो को अपने क्षेत्र में रहने को कहा और आपदाग्रस्त क्षेत्र में हर सम्भव सहायता पहुंचाने को कहा है स्लग आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया गया जिलाधिकारी नितिन भदोरिया ने विकास भवन में योजना की शुरूआत की योजना के तहत अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गरीब बच्चों में न्यूट्रिशन और ग्रोथ लेवल बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध का पावडर भेजेगा शुद्ध और पौष्टिक तत्वों से भरपूर इस पाउडर को पानी में मिलाकर दूध तैयार कर बच्चों को पिलाया जायेगा योजना का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बच्चों को दूध पिलाकर योजना की शुरूआत की

व्यापारिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह काम कर रहे हैं कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में भी प्रतिबंधों में छूट दिये जाने पर आज स्कूल खुले और शिक्षकों ने अपनी हाजिरी लगाई

बारामूला जिले के अधिकारियों ने बताया कि कुछ कस्बों में स्कूल आज बंद रहे लेकिन जिले के शेष भागों में स्कूल खुल गये इस बीच समूचे जम्मू डिवीजन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाएं काम नहीं कर रही हैं जम्मू के डिवीजन आयुक्त के अनुसार जल्दी ही ये सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी घाटी में मोबाइल फोन सेवाओं की बहाली के मुद्दे पर सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा कि श्रीनगर के कई इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं क्योंकि द्रसंचार मानचित्र पर अधिक क्षेत्रों को लाने की प्रक्रिया चल रही है पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही निराधार और भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें उन्होंने चेतावनी दी है कि अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी